थिम्पू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच प्रगाद संबंध केवल भौगोलिक निकटता की वजह से नहीं बेल्कि साझा ऐतिहासिक सांस्क तिक और आध्यात्मिक मूल्यों के कारण भी हैं दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान उड्डयन सूचना प्रौद्योगिकी बिजली और शिक्षा क्षेत्र में दस समझौतों पर हस्ताक्षर हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो उसके कब्जे वाले कश्मीर पर ही वार्ता होगी हरियाणा में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से तभी बातचीत हो सकती है जब वो आतंकवाद को संरक्षण देना बंद कर देगा रक्षामंत्री ने कहा कि सरकार देश को कभी झकने नहीं देगी

जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है और सभी शिक्षा संस्थान खुल गये हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह काम कर रहे हैं रामबन जिले भें बनिहाल सब डिवीजन को छोडकर अन्य समी जगहों में प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल आज से फिर खूल गये हैं कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भी प्रतिबंघों में छट दिये जाने पर आज स्कल खते और शिक्षकों ने अपनी हाजिरी लगाई अधिकारिक सत्रों के अनुसार श्रीनगर शहर के एक सौ नब्बे प्राथमिक स्कलों में सभी जरूरी बंदोबस्त किये गये हैं बारामला जिले के अधिकारियों ने बताया कि कुछ कस्बो में स्कूल आज बंद रहे लेकिन जिले के शेष भागों में स्कूल खुल गये इस बीच समूचे जम्मू डिवीजन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाएं काम नहीं कर रही हैं जम्मू के डिवीजन आयुक्त संजीव वर्मा के अनुसार जल्दी ही ये सेवाए बहाल कर दी जाएगी घाटी में मोबाइल फोन सेवाओं की बहाली के मुद्दे पर सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि श्रीनगर के कई इलाको में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं क्योंकि द्रसंचार मानचित्र पर अधिक क्षेत्रों को लाने की प्रक्रिया चल रही है उच्चतम न्यायालय में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ में शामिल एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े के अनुपस्थित रहने के कारण आज सुनवाई नही हो सकी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को आज आठवें दिन वरिष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन की बहस पर सुनवाई करनी थी प्रदेश की प्रमुख नदियों के निकट अनेक स्थानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है भारी वर्षा और पड़ोसी राज्यों से छोडे जा रहे पानी के कारण कई नदियां खतरे के निशान के आस पास बह रही हैं बदायू में कछला पूल पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया कला में ाारदा नदी और बाराबंकी के एल्ग्रिन ब्रिज पर घाघरा नदी लाल निशान को पार कर गयी है उधर गोण्डा में घाघरा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहंच गया है जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है इटावा में चम्बल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है हमारे संवाददाता ने बताया बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न बांधों से छोडे गए पानी के कारण हमीरपुर के कई गांवों और अन्य जिलों में किसानों की फसल डूब गयी है और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है गंगा नदी बदायूं जनपद में कचला घाट पर खतरे के निशान से ऊपर है और फर्रुखाबाद के फतेहगढ में यह लाल निशान के करीब बह रही है शारदा नदी लखीमपुर खीरी में पलियां कला और घाघरा बाराबंकी के एलगीर ब्रिज पर खतरे के निशान को पार कर गई है वही घाघरा का पानी अयोध्या और बलिया के दूटीपार में खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर नीचे बह रहा है आगरा और इटावा में चंबल नदी भी खतरे के निशान के करीब पहंच गई है वही यमुना नदी औरैया और हमीरपूर जनपद में खतरे के निशान के पास बह रही हैं यहां जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दो सप्ताह का और समय दिया है इस घटना में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोटे आई थीं पीठ ने उत्तरप्रदेश सरकार को गंभीर रूप से घायल वकील को पांच लाख रूपये देने का निर्देश भी दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में एक दैनिक समाचार पत्र के एक पत्रकार और उनके भाई की हत्या की घटना का संज्ञान लिया है

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को पाँच पाँच लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घो ाणा की है